मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नये संसद भवन की आधारशिला रखी विभिन्न धर्मग्रुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की

प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है जीवन पद्धति है राष्ट्र जीवन की आत्मा है भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है

उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अन्भव से विकसित हुआ है यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण एक ऐतिहासिक अवसर है

इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और ऊर्जा की कम खपत वाला होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इस इमारत म सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था होगी नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर स तीन गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भो पहले के मुकाबले बड़ा होगा नये भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला शिल्प तथा वास्तुकला के विविध रूपों के अनुरूप होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है

रक्षा मंत्री ने कहा कि नियमों पर आधारित आदेश समुद्री सुरक्षा साइबर संबंधित अपराध और आतंकवाद कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें इस मंच से निपटने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं है उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले जो प्रदेश के बारे में देश और विदेश में लोगों की धारणा थी वह बदली है

उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे सुन्दर क्षेत्रों में हैं लोगों की धारणा और सोच यहां के पिछड़ेपन का कारण रहा है वहीं गोरखपुर में महाराणा शिक्षा परिषद के संस्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी के माह तक कोरोना से बचाव के लिये वैक्सीन आ जायेगी लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती कोरोना के प्रति सतर्कता बरतनी होगी उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी और मास्क का उपयोग लगातार करना अति आवश्यक है उन्होंने कहा कि ऐसा उस नेतृत्व की वजह से संभव हो सका है जिसमें देश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि अगर भारतीय इतिहास से गुलामी क काल को निकाल दिया जाये तो वैदिक काल से ही यहां ज्ञान के प्रति जिज्ञासा सुनने और देखने को मिलती है उन्होंने कहा कि इस जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में ही भारत को विश्व गुरू का दर्जा हासिल हुआ था

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये जन जागरूकता प्रचार अभियान प्रभावी तरीके से चलाने पर बल दिया है उन्होंने आज लखनऊ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो के प्रचार अभियान की शुरूआत वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लोगों के व्यवहार में आधारभूत परिवर्तन जरूरी है

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने का संकल्प दोहराया है उसे प्राप्त करने के लिये प्रचार अभियान की विशेष भूमिका है उन्होंने कहा कि प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा शुरू किये गये प्रचार अभियान को प्रदेश सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करायेगी इस अवसर पर उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले पोस्टर स्टीकर बैनर और अन्य प्रचार सामग्री का भी लोकार्पण किया

वैक्सीन के समुचित रख रखाव और कोल्ड चेन तथा वैक्सीनेटरों के प्रशिक्षण की कार्रवाई तेजी से चल रही है ऊर्जा और अतिरिक्ति ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी गर्मियों में संभावित ऊर्जा की मांग के अनुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाये उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पारेषण केन्द्रों पर ओवर लोडिंग है या नब्बे प्रतिशत क्षमता पर चल रहे हैं उनकी गर्मी शुरू होने से पहले ही क्षमता वृद्धि कर दी जाये

इसके लिये आवश्यक क्षमता वृद्धि कर ली जाये

बिजली मंत्री ने निर्देश दिये कि ट्रांसमिशन लाइनों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि खेतिहर भूमि का कम से कम अधिग्रहण हो आज मानवाधिकार दिवस है

इसके तहत मानव गरिमा समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय स्वतंत्रता और शांतिकी बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है

इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया